मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सरकार के वित्त सचिव बजट डॉ पृथ्वी ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिये

गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल मार्च में कोरोना के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण कर्मचारियों तथा अधिकारियों का आंशिक वेतन रोकने का निर्णय किया था

वित्तीय सेवा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर एक वेबीनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन में बैकिंग और गैर बैकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं प्रधानमंत्री ने कोन्द्रीय बजट के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र करते हुए वित्त से सम्बद्ध निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने सबके लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के वास्ते बैकिंग और बीमा क्षेत्र में सार्यजनिक क्षेत्र इकाइयों की निरन्तर और मजबूत भागीदारी के महत्व पर जोर दिया

इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बालाकोट कार्रवाई की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का दुढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है

बालाकोट हवाई हमलों की दूसरी वर्षगांठ पर गृहमंत्री ैअमित शाह ने कहा कि देश और सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करें और संक्रमण को और न बढ़ने दें इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि वे कंटेनमेंट क्षेत्रों पर नजर रखें और कड़ाई से निमयों का पालन कराएं

बैठक के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए यह सुनिश्चित बनाये कि वहां टीकाकरण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों इसके अलावा टीके की खुराक के भंडारण के लिए बुनियादी उपकरणों को होना भी अनिवार्य है

इन ऐप्स पर उन सरकारी और निजी अस्पतालों के नाम लिखे होंगे जहां कोविड टीकारण के केन्द्र स्थापित हैं

सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर निशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था होगी लाभार्थी को अपनी आयु और बीमारियों से संबंधित प्रमाण पत्र के सबुत के तौर पर फोटो पहचान पत्र दिखाने होंगे जो लोग चिन्हित और इमपैनल निजी स्वास्थ्य संस्था पर टीके लगवाएंगे उन्हें पहले से निर्धारित शुल्क अदा करना होगा

श्री अग्रवाल ने बताया कि ऋण वितरण का काम मार्च में भी जारी रहेगा